उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में पत्रकारों को बताया कि सरकार द्वारा सदन में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जायेगा इसी सत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के प्रावधान को दस सालों के लिए बढाने संबंधी विधेयक भी सदन में रखा जायेगा सत्र से पहले कल जयपुर में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हई

बैठक में प्रदेश के जलदाय और ऊर्जा मंत्री डॉ बी डी कल्ला सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ऑनलाईन वेबपोर्टल जी ए टी आई का शुभारम्भ किया इस अवसर पर प्राधिकरण की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए श्री गड़करी ने जोर दिया कि परियोजनाओं को तय समय पर पूरा किया जाये और गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जाये

उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

राज्यपाल कलराज मिश्र ने निर्देश दिए है कि सैनिक कल्याण बोर्ड की वेबसाईट को रीडिजाईन किया जाये

राजसमन्द में कल बस्सी के पास पोलिंग पार्टी की बस के दूर्घटनाग्रस्त होने की वजह से एक रिटर्निंग अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई और अनेक कर्मचारी घायल हो गए घायलों को देवगढ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया यह पोलिंग पार्टी बोरवा ग्राम पंचायत में उपसरपंच के चुनाव सम्पन्न कराने के बाद राजसमन्द लौट रही थी पुलिस ने ईवीएम मशीन सहित पोलिंग सामग्री और अन्य कर्मचारियों को जिला मुख्यालय पंहुचाकर हादसे की जांच शुरू कर दी है करौली जिले के झारेडा फाटक के पास रेलगाडी की चपेट में आने से एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई सेना में भर्ती के नाम पर तीन करोड़ रूपये की ठगी के मामले में हरियाण की पुलिस और बीकानेर की पुलिस ने एक इंस्टिट्यूट पर छापा मारकर सेवानिवृत्त कर्नल को गिरफ्तार किया है इंस्टिट्यूट से तीन पिस्टल भी बरामद की गई है

इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश की बालिकाओं को बधाई देते हुए कहा है कि हमें बेटियों के प्रति अपने दायित्वों और सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने का संकल्प लेना होगा